प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने लिविंग विल को मान्यता देने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए लाइलाज रोगियों को कुछ नियमों और प्रक्रियाओं के तहत इच्छा मृत्यू देने की अनुमति प्रदान की पीठ ने इस बारे में दिशा निर्देश भी तय किये कि अंतिम इच्छा को कौन कार्य रूप देगा और मेडिकल बोर्ड किस आधार पर इच्छा मृत्यु के लिए कहेगा सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था भी दी कि ये निर्देश इस बारे में कानून बनने तक लागू रहेगे लिविंग विल की धारणा के अंतर्गत कोई भी स्त्री या पुरूष पहले ही तय कर सकेगा कि बीमारी लाइलाज होने की हालत में उसे जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा जाना चाहिये या नहीं

राजस्थान इस तरह का विधेयक पारित करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है मध्यप्रदेश विधानसभा इस तरह का कानून पहले ही पास कर चुका है

इनमें कम उम्र की बच्चियों की संख्या ज्यादा है विघानसभा में पारित विधेयक मंजूरी के लिए राज्यपाल के यहां जाएगा जहां से विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजों जाएगा

सभी निजी स्कूलों में फीस निर्धारण समिति के तहत फीस निर्धारित की जाती है शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि आरटीई के तहत प्रदेश की सभी स्कूलों के पुनर्भरण में राजस्थान पहले स्थान पर है

गुरूकुल योजना में विद्यालयों का चयन मंत्रिमण्डल के निर्देशानुसार गठित समिति द्वारा किया जाता है

सरकार ने इसके तहत हन्मानगढ़ में डेयरी क्षेत्र का पहला स्ट्रॉ डेंसिफिकेशन प्लांट लगाया है हमारे हनुमानगढ़ सवाददाता ने बताया कि संयत्र तैयार होने के बाद इसमें उत्पादन कार्य शुरू कर दिया गया है

अभियान के तहत आज जयपुर के जयपुरिया अस्पताल के साथ ही विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो और उप केन्द्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने गर्भवती महिलाओं को परॉमर्श दिया और आवश्यक जांच की जयपुरिया अस्पताल की महिला और प्रसूति रोग विभाग की अध्यक्ष डॉ निमिता भारती ने बताया कि यह अभियान गर्भवती महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है

इस दौरान एनिमिक महिलाओं को आयरन खुराक दी गई

सम्मेलन के बारे में जानकारी देते हुए जे के लोन अस्पताल के अधीक्षक डॉ अशोक गुप्ता ने बताया इसमें मुख्य रूप से बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को लेकर विचार किया जायेगा

इस मौके पर महिलाओं ने मंगल गीतों के साथ शीतला माता की पूजा अर्चना कर घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना की

शीतलाष्टमी पर आज जयपुर जिले के चाकसू में शील की डूंगरी में मेला भरा